पानी की समस्या के समाधान के लिए प्रदेश में जल जीवन मिशन का शुभारंभ राष्ट्रीय बालिका दिवस के मौके पर प्रदेशभर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित

उन्होंने बरोटी में अगले सत्र से आधुनिक औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान खोलने की घोषणा भी की इस अवसर पर एक जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने पिछले दो वर्षों में समाज के हर वर्ग और प्रत्येक क्षेत्र का संतुलित विकास सुनिश्चित किया है मुख्यमंत्री ने बालिका दिवस पर छात्राओं व महिलाओं को भी बधाई दी और कहा कि बालिकाएं हर क्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन कर रही है जयराम ठाकुर ने कहा कि नागरिकता संशोधन अधिनियम अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों के हित के लिए है और प्रदेश पूर्ण रूप से इस अधिनियम को सहयोग देगा मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस और अन्य विपक्षी दल के नेता अधिनियम को लेकर बेबुनियाद बातें कर जनता को गुमराह कर रहे हैं जयराम ठाकुर ने ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट को लेकर विपक्ष के नेता से सवाल किया कि अन्य कांग्रेस शासित राज्यों में वे इसका समर्थन करते हैं और प्रदेश में विरोध क्यों कर रहे हैं उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार एक लाख करोड़ रुपए के निवेश के समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित करने में सफल रही है

इस मौके पर सिंचाई व जनस्वास्थ्य मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर सहित अन्य गणमान्य लोग मौजूद रहे बिक्रम ठाकुर उद्योग मंत्री बिक्रम ठाकुर ने कहा है कि प्रदेश सरकार जनसेवा और जनकल्याण के लक्ष्य को लेकर निरंतर कार्य कर रही है कांगड़ा जिले में जस्वां परागपुर क्षेत्र के डाडासीबा में आज विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को सहायता राशि के चैक वितरण के मौके पर उन्होंने ये बात कही

बिक्रम ठाकुर ने कहा कि क्षेत्र में सड़कों का सुधार और निर्माण करना उनकी प्राथमिकता है उन्होंने जन समस्याएं भी सुनी और अधिकतर का मौके पर ही निपटारा किया परमार स्वास्थ्य व परिवार कल्याण मंत्री विपिन परमार ने कहा है कि प्रदेश में स्वास्थ्य शिक्षा सड़कों और पेयजल जैसी मूलभूत सुविधाओं का व्यापक रूप से विस्तार किया जा रहा है कांगड़ा जिले में पालमपुर की राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला धीरा के वार्षिक समारोह में आज उन्होंने कहा कि राज्य सरकार शिक्षा के गुणात्मक व ढांचागत विकास के लिए प्रतिबद्ध है स्वास्थ्य मंत्री ने बाद में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सुलह में डिजिटल एक्सरे सुविधा का लोकार्पण भी किया

वीरेंद्र कंवर ग्रामीण विकास व पंचायती राज मंत्री वीरेंद्र कंवर ने विद्यार्थियों से स्वास्थ्य पर्यावरण संरक्षण और स्वच्छता के प्रति जागरूक होने का आहवान किया है ऊना जिले में राजकीय उच्च विद्यालय तनोह के वार्षिक समारोह में उन्होंने कहा कि नशा समाज में विष की तरह फैल रहा है जो आने वाली पीढ़ी व देश का भविष्य नष्ट कर रहा है वीरेंद्र कंवर ने कहा कि प्रदेश सरकार ने नशे के खिलाफ कानून को सख्त बनाया है और लोगों को इस बुराई के प्रति जागरूक किया जा रहा है

यह सभी उड़ाने मौसम पर निर्भर करेगी

इसके तुरंत बाद राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय का प्रदेशवासियों के नाम संदेश प्रसारित होगा

इसका उद्देश्य समाज में बालिकाओं के समक्ष असमानता की चुनौती के बारे में लोगों को जागरूक करना है इस अवसर पर प्रदेशभर में भी कई कार्यक्रम आयोजित किए गए ऊना में आयोजित राज्य स्तरीय समारोह में सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री राजीव सैजल ने कहा कि लड़कियां आज विभिन्न क्षेत्रों में लड़कों से आगे निकल चुकी हैं उन्होंने खुशी जताते हुए कहा कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओं योजना के सफल क्रियान्वयन से जिले में शिशु लिंगानुपात में काफी सुधार आया है शिमला के रिज मैदान पर आयोजित कार्यक्रम में शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज ने कहा कि समावेशी समाज के निर्माण में महिलाओं की भूमिका महत्वपूर्ण है उन्होंने कहा कि सामाजिक गतिविधियों और विकास में महिलाओं की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने सहित उन्हें सक्षम व सशक्त बनाने के लिए प्रदेश सरकार ने अनेक योजनाएं शुरू की हैं

सोलन में महिला व बाल विकास विभाग द्वारा आयोजित कार्यक्रम में आंगनबाड़ी कार्यकर्त्ताओं ने विभिन्न माध्यमों से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का संदेश दिया इस मौके पर सहायक आयुक्त भानु गुप्ता ने कम उम्र में सर्वश्रेष्ठ कार्य करने वाली बालिकाओं को सम्मानित भी किया

समारोह में परेड व सांस्कृतिक कार्यक्रमों के अलावा विभिन्न विभागों और सार्यजनिक उपक्रमों की झांकियां भी निकाली जाएगी पूर्ण राज्यत्व दिवस पर अन्य जिला मुख्यालयों पर भी समारोह आयोजित होंगे बधाई इस बीच पूर्ण राज्यत्व दिवस की पूर्व संध्या पर राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय और मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने प्रदेशवासियों को बधाई दी है राज्यपाल ने अपने संदेश में कहा कि हिमाचल ने बहुत कम समय में विकास के नए आयाम स्थापित किए हैं उन्होंने उम्मीद जताई कि प्रदेश आने वाले समय में और तरक्की करेगा